पिछले चौबीस घंटे के दौरान पांच सौ सत्रह नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के साथ राज्य में संक्रमित की संख्या बढ़कर छब्बीस हजार नौ सौ अड़तीस हो गई है इनमें सत्रह हजार तीन सौ बीस मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं जबकि नौ हजार तीन सौ बत्तीस सक्रिय मामले हैं इसके अलावा मृतकों की संख्या बढ़कर दो ँ सौ छियासी हो गई है राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की भी दर बढ़कर चौसठ दशमलव दो नौ प्रतिशत पहुंच गई है इससे पहले कल सात सौ चौवन संक्रमितों ने कोरोना को मात दी वहीं आठ लोगों की मौत भी हो गई

वहीं रांची से सर्वाधिक एक सौ चौदह धनबाद से चौरासी पूर्वी सिंहभूम से इकसठ पलामू से चौवालीस और रामगढ़ से तीस संक्रमित मिले हैं इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम में छह और बोकारो एवं रांची में एक एक कोरोना संक्रमित की मौत हो गई

केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में हुई ईएसआईसी की बैठक में इसका निर्णय किया गया ई एसआईसी अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना पर अमल कर रहा है जिसके अंतर्गत कामगारों को बेरोजगारी लाभ दिया जाता है

मौजूदा शर्तों में ढील देने और कोविड महामारी के दौरान रोजगार खोने वाले कामगारों को दी जाने वाली राहत राशि में वृद्धि करने का भी निर्णय किया गया है

इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता शर्तों में भी ढील दी गयी है

कोरोना संकट के कारण सभी सरकारी विद्यालय बंद हैं ऐसे में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद विद्यालय खोले बगैर ही पंचायत स्तर पर छोटे छोटे समूह में बच्चों की पढ़ाई शुरू करने की योजना बना रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए पारा शिक्षकों के साथ साथ बीएड डीएलएड और उच्च योग्यताधारी विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा इस बाबत सभी पंचायतों के मुखिया और प्रखंड विकास पदाधिकारियों से पहल करने को कहा गया है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

केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह ने कल नई दिल्ली में वर्च्यअल प्लेटफॉर्म से स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग जारी करने के साथ राज्यों और शहरों को सम्मानित भी किया इसमें राज्य के चार अन्य नगर निकायों को भी अलग अलग श्रेणियों में बेहतर प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया जमशेदपुर को देश के तीन से दस लाख तक की आबादीवाले शहरों की श्रेणी में सिटीजंस फीडबैक में अव्वल स्थान मिला है तो मध्यपुर को पूर्वी क्षेत्र को पचास हजार से एक लाख तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सिटीजंस फीडबैक के लिए सर्वेश्रेष्ठ शहर का सम्मान मिला देश के पूर्वी क्षेत्र के पच्चीस से पचास हजार तक की आबादी वाले शहरों में जुगसलाई को इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज के लिए पुरस्कृत किया गया वहीं पूर्वी क्षेत्र के पच्चीस से पचास हजार तक आबादी वाले शहरों में सिटीजन फीडबैक के लिए खुंटी को भी पहले पुरस्कार से सम्मानित किया गया मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने इन पुरस्कारों के लिए राज्यवासियों के साथ नगर निकायों के पदाधिकारियों और कर्मियों को विशेष तौर पर बधाई दी है

ग्रामीण विकास विभाग ने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी मनरेगा की सोशल ऑडिट यूनिट को सौंपी है इस यूनिट की पांच सौ टीम एक महीने में दस लाख लोगों को रोजगार देने के लिए सोलह अगस्त से अभियान चला रही है मनरेगा आयुक्त ने कल वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सोशल युनिट टीम के साथ संवाद कर आवश्यक निर्देश दिया उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत अबतक एक लाख बीस हजार से ज्यादा मजदूरो को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है राज्यपाल सह क़लाधिपति द्रौपदी मुर्म ने विश्वविद्यालयों को कहा है कि वे विद्यार्थियों को सिर्फ डिग्री ही नहीं दें बल्कि उनकी प्रतिभा को भी निखारने की दिशा में पहल करें राज्यपाल ने राज्य के सात विश्वविद्यालयों के कलपतियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग में कहा कि शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की दिशा में पहल तेज की जाए राज्यपाल ने इस दौरान जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा की पढाई और रोजगारपरक शिक्षा को लेकर किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी कलपतियों से ली उन्होंने कुलपतियों से कहा कि वे विश्वविद्यालयों में शोध के स्तर को और व्यापक बनाने की दिशा में कदम उठाएं इस मौके पर कुलपतियों ने कोरोना संकट को देखते हुए नामांकन की स्थिति और पढ़ाई को लेकर की जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी दी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों से कहा है कि वे कोरोना जांच में तेजी लाने के लिए सहयोग करें यूजीसी ने इसके लिए विश्वविद्यालयों से आरटीपीसीआर मशीन को अस्थायी तौर पर नजदीकी अस्पताल में स्थापित करने को कहा है आयोग के सचिव ने कहा कि इससे देश दिन लगभग साठ हजार सैंपलों की जांच हो सकेगी झारखंड उच्च न्यायालय में फिर से ऑफलाइन याचिका दायर करने की सुविधा शुरू कर दी गई है इसके लिए न्यायालय परिसर में एक बॉक्स रखा गया है जहां याचिका से संबंधित आवेदन और दस्तावेज डाले जा सकते हैं बॉक्स से याचिका को अड़तालीस घंटे बाद ही निकाला जाएगा वहीं याचिका दायर करने की ऑनलाइन सुविधा भी जारी रहेगी लेकिन एक ही याचिका के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन नहीं दिया सकता है इन याचिकाओं पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ही सुनवाई होगी इसके साथ यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए गए हैं सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए बनाई गई विशेष अदालत में आज पहली बार सुनवाई होगी इस अदालत में विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ मानहानि के दर्ज मामले की सुनवाई होगी गौरतलब है कि इस मामले की पहले सुनवाई दूसरे न्यायालय में होनी थी लेकिन विधायक से जुड़ा मुकदमा होने के नाते इसे विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया है पुलिस महानिदेशक एमवी राव ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों से कहा है कि जर्जर एवं कमजोर हो च्के थाना कार्यालय आवासीय परिसर और बैरक का भवन निर्माण विभाग से जांच कराए इसमें जो भवन असुरक्षित पाए जाएंगे उन्हें खाली कर वैकल्पिक व्यवस्था की जाए

इनके पास से दो पिकअप वैन एक कार और एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है इन तस्करों से पुछताछ कर रही है जिसमें तस्करी को लेकर अहम जानकारी मिलने की संभावना है उधर जिले के सदर थाना क्षेत्र के सिकिद गांव में दो किलोग्राम अफीम के साथ एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जबकि दूसरा तस्कर फरार हो गया चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र के कोबना गांव में पन्द्रह अगस्त को मोबाइल चोरी के आरोप में एक नाबालिग समेत दो बच्चों की बर्बर तरीके से पिटाई मामले में दस आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है जबकि पांच को गिरफ्तार किया जा चुका है आरोपियों में मुखिया पति के साथ एक सरकारी शिक्षक भी शामिल है गौरतलब है कि बच्चों की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश जिले के उपायुक्त को दिया था धनबाद पुलिस को मोबाइल छिनतई गिरोह के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है गोविंदपुर थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या दो पर वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने मोबाइल छिनतई की घटना को अंजाम देकर भाग रहे दो लुटेरों को पहले गिरफ्तार किया और फिर इनकी निशानदेही पर मैथन इलाके से तीन मोबाइल लुटेरों को अपनी गिरफ्त में ले लिया इनके पास से लूट के अठारह मोबाइल फोन भी पुलिस ने बरामद किए हैं पुलिस उपाधीक्षक सरिता मुर्मू ने बताया कि इन मोबाइल लुटेरों का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड रहा है धनबाद के साथ पश्चिम बंगाल के आसनोल में भी ये मोबाइल लूट की घटना को अंजाम दे चुके थे

विद्यार्थियों के लिए नई शिक्षा नीति की उपयोगिता पर चर्चा होगी

इस वेबिनार में द्रोणाचार्य और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित कोच और खिलाड़ियों के अलावा खेल विशेषज्ञ शामिल होंगे

डुमरी प्रखंड मुख्यालय में चौबीस घंटे से ब्लैकआउट की स्थिति है वहीं कई इलाकों में घंटों से बिजली नहीं है